प्रदेश में पूर्णियां के रास्ते मॉनसून का प्रवेश हो गया है

संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया

पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर में सामूहिक योगाभ्यास के साथ साथ कई कार्यक्रम आयोजित किये गये मुख्य राष्ट्रीय समारोह रांची में आयोजित किया गया जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में हजारों की संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया झारखंड के रांची में प्रभात तारा ग्राउंड में आज सवेरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बदलते समय में रोगों से सुरक्षा के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले पांच वर्षों में सरकार ने योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है ताकि इसे स्वास्थ्य की देखभाल का एक मजबूत आधार बनाया जा सके उन्होंने कहा कि योग निर्धन को रोगों और गरीबी से मुक्ति दिला सकता है योग ज्ञान कार्य और समर्पण का सम्पूर्ण रुप है उन्होंने योग से सम्बन्धित अनुसंधान पर बल दिया

मुख्य राजकीय समारोह पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया यहां राज्यपाल लालजी टंडन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य के मंत्रियों ने आम लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया आकाशवाणी पटना परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया क्षेत्रीय लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा पटना के आयुर्वेद कॉलेज में योग शिविर आयोजित किया गया विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सरकारी विद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों में लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया नेहरू युवा केन्द्र संगठन एनसीसी और सशस्त्र सीमा बल की विभिन्न बटालियनों के द्वारा जिलों में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये गये बिहार योग विद्यालय मुंगेर में भी एक बड़ा आयोजन किया गया प्रदेश में पूर्णियां के रास्ते मॉनसून का प्रवेश हो गया है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले बहत्तर घंटे में प्रदेश में मॉनसून के पूर्णरूप से सक्रिय हो जाने की संभावना है आज पूर्णियां और कटिहार जिले के मनिहारी में दो सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी राज्य के कई जिले में भी छिटपुट वर्षा हुई है उधर खगड़िया जिले में मानसी थाना क्षेत्र के पूर्वी ठट्टा गांव में आज वज्रपात से झुलसकर दो किशोरों की मौत हो गई पुलिस सूत्रों ने बताया कि दो किशोर किसी काम से खेत पर गये थे घर लौटने के दौरान बारिश के साथ हुये वज्रपात से झुलसकर दो किशोर की मौके पर ही मौत हो गई आज पटना इकतालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा गया का अधिकतम तापमान अड़तीस दशमलव चार भागलपुर का सैंतीस और पूर्णियां का तैंतीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया

विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा ने अभ्रियक्त मो नियाज उर रहमान की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद उसे जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया राज्य में एईएस के कारण अब तक एक सौ बासठ बच्चों की मृत्यू हो चूकी है मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल में संदिग्ध दिमागी ब्रखार से अब तक एक सौ बाईस बच्चों की मृत्यू हो चूकी है आज एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गयी वहीं एक सौ साठ बच्चों का इलाज चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में दिमागी बुखार से प्रभावित मुजफ्फरपुर की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री के निर्देश पर मुजफ्फरपूर गए थे राज्य सभा में संदिग्ध दिमागी ब्रखार की चपेट में आने से बिहार में बच्चों की मौत पर आज गहरा दुःख जताया गया सभापति वेंकैया नायडू ने सदन की ओर से बच्चों की असमय मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की इसके बाद सदस्यों ने मौन रखकर दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की लोकसभा और राज्य सभा में संदिग्ध दिमागी बुखार यानि एईएस के कारण बच्चों की हो रही मौत का मुद्दा उठा लोसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रभावित इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और पोषण की व्यवस्था करने की मांग की सरकार की ओर से जवाब देते हुए महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि केन्द्र सरकार बीमारी से निपटने के लिए राज्य सरकार को हरसंभव मदद उपलब्ध करा रही है राज्य सभा में राजद के मनोज झा ने इस मुद्दे को उठाया

पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री राय ने कहा कि राज्य में दिमागी बुखार के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है उन्होंने बताया कि प्रत्येक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत पच्चीस पच्चीस लाख रुपये का योगदान करेंगे श्री राय ने बताया कि उन्होंने समस्तीपुर के सदर अस्पताल में आईसीयू के निर्माण के लिए पच्चीस लाख रुपये का योगदान किया है उन्होंने कहा कि बिहार को स्थिति से मुकाबला करने के लिए सरकार हर संभव सहायता दे रही है

विधेयक पेश होते समय सदन में शोर शराबा हुआ जैसे ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पेश करने के लिए खड़े हुए विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में तीन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और यह विधेयक महिलाओं को न्याय और अधिकार प्रदान करेगा

उसके पहले भी पारित किया था फिर सुधार के लिए बदलाव किया था और ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग था लेकिन च्रंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया नई लोकसभा आई इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को हम दोबारा लेकर के आए हैं हम संसद हैं हमारा काम कानून बनाना है और जनता ने हमें कानून बनाने के लिए हमें चुना है कानून पर बहस इंटरपटरेशन अदालत में होती है लोकसभा को अदालत न बनाएं अपनी सॉवरन पावर का इस्तेमाल करें केन्द्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने बिहार से राज्यसभा की एक मात्र सीट के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र भरा यह सीट श्री रविशंकर प्रसाद के लोकसभा के लिए चुने जाने पर खाली हुई है

प्रदेश में पूर्णियां के रास्ते मॉनसून का प्रवेश हो गया है

संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने इस मुददे को उठाया